आज बजट पर सामान्य चर्चा हो रही है इस दौरान पत्रों को भी पटल पर रखा गया ध्यानाकर्षण सूचनायें और याचिकायें प्रस्तुत की गई विधायक संजय यादव द्वारा आज दशहरा दीवाली होली जैसे त्योहारों के दौरान विद्यालयों में छुट्टियों की संख्या में बढ़त्तोरी कर छुट्टियों के तुरंत बाद कोई परीक्षा ना करने को लेकर अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया जायेगा लोक अदालत प्रदेश में कल सभी जिला और तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा इनमें बिजली बिल मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण वैवाहिक प्रकरण श्रम विवाद मामले भूमि अधिग्रहण प्रकरण जलकर राजस्व प्रकरण जैसे मामले आपसी सहमति सुलझाये जायेंगे कटनी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा

जबलपुर अनूपपुर नरसिंहपुर उमरिया खंडवा सतना धारसागर डिंडौरी बैतूल देवास से भी लोक अदालत आयोजन की तैयारियों के समाचार मिलें हैं

भाजपा महिला सांसद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज अपने निवास पर जलपान के दौरान भाजपा की महिला सांसदों से मुलाकात की पार्टी सांसदों से मुलाकात का यह पांचवा सिलसिला है पार्टी सांसदों को सात समूहों में विभाजित किया गया है और प्रधानमंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के पार्टी सांसदों से मुलाकात कर चुके हैं उन सांसदों से भी वे मिल चुके हैं जो कभी मंत्री रह चुके हैं बताया जा रहा कि इस बैठक का उद्देश्य दोनों सदनों के भाजपा सांसदों को प्रधानमंत्री के साथ सीधी मुलाकात का अवसर प्रदान किया जाना और विभिन्न मुद्दों विशेषकर संसदीय मामलों में प्रधानमंत्री से दिशा निर्देश प्राप्त करना है

जलशक्ति भारत सरकार द्वारा भू जलस्तर को बढ़ाने के उद्देष्य से चलाये जा रहे जलशक्ति कार्यक्रम के तहत भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली से आये दल ने आगरमालवा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कल जिले के सभी नगरीय निकायों नगरपालिका अधिकारियों जनपद पंचायतों के सीईओ तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली इस दौरान दल ने लगातार कम होते भूमिगत जल पर चिन्ता व्यक्त की बैठक में भू वैज्ञानिक नरेष जाटव ने कहा कि पुरानी जल संरचनाओं का जीर्णोद्वार किया जाये खेत तालाब योजना अन्तर्गत तालाब का निर्माण करवाएं इस मौके पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने दिल्ली से आये दल को जिले की भौगोलिक स्थिति तथा जिले में निर्मित एवं निर्माणाधीन जल परियोजनाओं की जानकारी दी